आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में जावड़ेकर ने कहा कि योग भारत की अपनी विरासत है साथ ही यह अच्छे स्वास्थ्य के लिए विश्व को उपहार भी है स्वस्थ जीवन के लिए विश्व को भारत का एक तोहफा योगा के रूप में देखा जाता है

प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस वर्ष योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विमिन्न मीडिया संस्थानों को प्रस्कृत किया जायेगा ग्यारह समाचार पत्रों को सम्मानित किया जायेगा ग्यारह रेडियों को सम्मानित किया जायेगा और ग्यारह टीवी चैनल्स को सम्मानित किया जायेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अधिक उत्साह से इस पूरी दुनिया को जो एक स्वस्थ जीवन का ये जो लक्ष्य है उसके लिए माध्यमों का अच्छा उपयोग करेंगे और सभी सहभागी होंगे ये मुझे पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इक्कीस जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर झारखण्ड के रांची में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में भाग लेंगे इसमें लगभग तीस हजार लोगों के भाग लेने की आशा है मुख्य समारोह से पहले रांची में तेरह जुन को एक प्रारंभिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा इसमें योग संगठन और योग गुरूओं के अलावा राज्य की जानी मानी हस्तियां भी शामिल होंगी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राजनीतिज्ञों के खिलाफ दल बदल चुनाव याचिकाओं और अपराध से जुड़े लंबित मामलों के त्वरित निपटान का आह्वान किया है आज हैदराबाद में एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऐसे मामलों के निपटान में अनावश्यक विलंब देश के लिए ठीक नहीं है मामलों के जल्द निपटारे के लिए उच्च न्यायालय की विशेष पीठ गठित की जानी चाहिए उन्होंने विधायी संस्थाओं के पीठासीन अधिकारियों से मामले जल्द निपटाने को कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लोक कल्याण के लिये समर्पित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत का मान बढ़ा है श्री योगी कल अयोध्या स्थित तुलसी उपवन में भगवान श्रीराम की सात फीट ऊँची काष्ठ प्रतिमा का अनावरण करने के बाद एक समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षो के दौरान सरकार के विकास अभियान के साथ साथ भारतीय परम्पराओं और विरासत के बारे में वैश्विक स्तर पर लोगों के मन में एक नया आदर भाव पैदा हुआ है श्री योगी ने अयोध्या प्रवास के दौरान शहर के विकास कार्यो का जायज़ा भी लिया इसके अलावा श्री योगी ने राम संग्रहालय अयोध्या शोध संस्थान और डाक विभाग की प्रदर्शनी का श्रमण भी किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मूर्ति शिल्पियों साहित्यकारों और कलाकारों को भी सम्मानित किया भगवान श्रीराम की सबसे ऊँची प्रतिमा सरयू नदी के तट पर स्थापित की जायेगी राज्य मंत्रिमंडल पहले ही इस प्रतिमा की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे चुका है सरकार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट की तरह राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण संस्थान की स्थापना करने पर विचार कर रही है आज नई दिल्ली में मूल्यांकन पर एक राष्ट्रीय संगोप्ठी में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव इंजेति श्रीनिवास ने यह सुझाव दिया उन्होंने कहा कि मूल्यांकन कार्य में पेशेवर दक्षता मूल्यों और उचित व्यवहार की आवश्यकता है भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने इस संगोष्ठी का आयोजन किया है रिजर्व बैंक ने निर्धारित समय में भुगतान नहीं होने वाले कर्जो के समाधान के लिए नई रूपरेखा जारी की है जिसके अंतर्गत दबाव में आये कर्जो को गैर निष्पादित संपत्ति घोषित नहीं किये जाने के लिए तीस दिन का समय दिया है पहले यह अवधि केवल एक दिन थी एक सप्ताह की देरी के बाद मानसून ने आज केरल में दस्तक दे दी है और इसी के साथ देश में बारिश के मौसम की शुरूआत हो गयी है भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशके मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि मानसून की आज केरल के कई हिस्सों में अच्छी बारिश के साथ शुरूआत हुयी है उन्होंने कहा कि उत्तर परिचम भारत में भी इस वर्ष मानसून सामान्य रहने की उम्मीद है उधर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में ओलावृष्टि और तेज आंधी की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर छब्बीस हो गई और सत्तावन लोग घायल हैं सोलह मकानों को क्षति पहुंची है और इक्कतीस मवेशियों की हानि हुई है मैनपुरी जिले में सबसे अधिक छह लोगों की मौत हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आँधी तूफान से प्रमावित एटा कासगंज मैनपुरी बदायू मुरादाबाद और फर्रूखाबाद जनपदों के प्रमारी मंत्रियों को निर्देशित किया है कि वे इन ज़िलों का दौरा कर के राहत कार्यो का जायज़ा ले उन्होंने इन जनपदों के ज़िलाधिकारियों को स्वयं प्रभावित इलाकों में पहुंच कर राहत सामग्री वितरित करने का निर्देश भी दिया है